नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत की संकल्पना की कडो में अब तक प्रदेश में एक लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का निवेश हुआ है इससे सूबे के औद्योगिक विकास का रास्ता खूल गया है प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकारों पर कटाक्ष करते हुए श्री शाह ने कहा कि इन दोनों पार्टियों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम था जिसकी वजह से प्रदेश में विकास अवरूद्ध हो गया था उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री का यह सबसे बड़ा उपहार है

भाजपा अध्यक्ष ने लोगों को आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जायेगी

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत है श्री योगी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा एक करोड़ से अधिक इज्जत घरों का निर्माण किया गया सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों फसल की रिकार्ड खरीद की गयी

एक रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष अभित शाह ने इस अवसर पर कुल तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होने आज से पचास पहले फरवरी उन्नीस सौ अड़सठ में पू दीनदयाल उपाध्याय के पार्थिक शरीर की पहचान की थी जो संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे स्टेशन के पास मृत पायें गये थे अमित शाह और अन्य नेताओं ने एक सभी महिला कर्मचारियों वाली मालगाडी को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस प्रकार की यह पूरे देश में एकलौती ट्रेन होगी इसके साथ ही स्टेशन के यार्ड के आधुनिकीकरण प्रस्ताव की शुरूआत के साथ ही एकात्मता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गयी जो लखनऊ से मुगलसराय के बीच सप्ताह में दो बार चलेगी नाम बदले जाने के साथ ही मुगल सराय स्टेशन अब इतिहास का हिस्सा बन गया जिसे ब्रिटिश शासनकाल में दिल्ली हावड़ा रूट पर प्रमुख जंक्शन के रूप में स्थापित किया गया था जहां साढ़े बारह किलोमीटर में फैला एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है मुगलसराय से मनोज त्रिपाठी के साथ सुश्रील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ के समग्र विकास के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं और जल्द ही लखनऊ स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा श्री सिंह ने कहा कि लखनऊ के विकास की जो बुनियाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने रखी थी उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है श्री सिंह ने कहा कि पच्चीस तीस वर्षो के बाद की स्थिति क मद्देनजर लखनऊ के आधारभूत ढाँचे पर कारगर ढंग से काम जारी है उन्होंने कहा कि रिंग रोड की घोषणा भी विकास की इसी रूपरेखा की एक कड़ी है

इसके अलावा उन्नीस सौ करोड़ रूपये की लागत से गोमतीनगर टर्मिनस का काम शुरू हो गया है और इसके बन जाने से चारबाग रेलवे स्टेशन के बोझ को कम किया जा सकेगा

उन्होंने कहा कि लखनऊ हवाई अड्डे पर दिन प्रतिदिन यात्रियों के आवागमन में बढ़ोत्तरी हो रही है

श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले पन्द्रह महीनों के दौरान प्रदेश में सड़कों और बिजली की निबाध आपूर्ति की दिशा में उल्लेखनीय काम हुआ है कार्यक्रम में श्री सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास ग्राम सड़क योजना और गौरव पथ एक अभिनव प्रयास योजना पर पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया

ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने सहारनपुर के एक व्याक्ति के पत्र का उल्लेख करते हुए यह बात कही सहारनपुर के प्रणव सक्सेना ने स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन करते हुए अन्य लोगों से इसमें सहयोग देने की अपील की थी

इस आशय के समझौता ज्ञापन पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कल वाराणसी में हस्ताक्षर किये गये इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडकर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है और इससे एक सपना साकार हुआ है उन्होंने कहा बीएचयू के आईएमएस में सात सौ अतिरिक्त बिस्तर और सुपर स्पेशिलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस संस्थान को एम्स का दर्जा दिये जाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी

नेपाल सीमा से लगे बलरामपुर जिले के तुलसीपुर इलाके में राप्ती नदी के जलस्र में बढ़ोत्तरी तथा खरझार और बनकटवा समेत कई पहाड़ी नालों की कटान से तटवर्ती गॉवों में बाढ़ का पानी तेजी से घुसने लगा है बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी धसने की आशंका के मद्देनजर गोण्डा बढ़नी रेल प्रखण्ड पर पेट्रो मैन की चौकसी बढ़ा दी है जौनपुर जनपद में लगातार वर्षा से गोमती नदी का जल स्तर सोलह फिट तक पहुंच गया है हालांकि यह खतरे के निशान से बारह फिट नीचे है उधर पीली नदी का जल स्तर बढ़ने से बदलापुर इलाके का रपटा पुल डूब गया है जिससे आसपास के दर्जनों गाँवों के लोगों का सम्पर्क टूट गया है जिले में सई नदी का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है

नरौरा सहित हरिद्वार बिजनौर रामनगर और कालागढ़ बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है इससे तटीय इलाको के लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है

श्री योगी आज लखनऊ स्थित सिटी माण्टेसरी स्कूल में नारी के प्रति हिंसा रोकने में मीडिया स्कूल और समाज की भूमिका विषय पर आयोजित आठवें अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मीडिया ने अपनी लेखनी के जरिये समाज का समय समय पर मार्गदर्शन किया है